इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवम ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द भी इस अवसर के साक्षी होंगे इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने बताया कि यह प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केन्द्र से शुरू होगा

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की मात्रा का अनुमान लगाना और उसमें मौजूद खनिज व रसायनों का अध्ययन करना है इस अभियान की सफलता के साथ ही चांद पर यान उतारने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका चीन और रूस यह उपलक्षि हासिल कर चुके हैं

चांद पर पानी की खोज का श्रेय इसी अभियान को जाता है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभाएं आयोजित की जाए जहां निरस्त दावे प्राप्त हुए हैं गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने का निर्णय लिया गया इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएगी अच्छी खबर आज से प्रादेशिक समाचारों में हमने एक नई शुरुआत की हैं इसे हमने अच्छी खबर नाम दिया है अच्छी खबर में आप रूबरू होंगे प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सांसद शंकर लालवानी इस उडान से जाने वाले यात्रियों को मालवी पगडी पहनाकर रवाना करेंगे मंत्री अपील उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और राजस्व मंत्री गोविन्द राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा

मंत्रियों ने कहा है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा के प्रतिबद्ध है सुरक्षा कानून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहुलओं पर विचार विमर्श कर इसे लागू किया जाएगा गौरतलब है कि राज्य अधिवक्ता संघ अधिवक्ता सुरक्षा कानून न लागू किये जाने के विरोध में मंगलवार को न्यायालयीन कार्य से अलग रहकर प्रतिवाद दिवस मनाने का आव्हान किया है नशा विरोध भोपाल पुलिस महानिरीक्षक योगेश देशमुख ने कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसे हम सभी को मिलकर दूर करना होगा उन्होंने आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक बैठक में बच्चों और युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिये पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिये कि वे इस समस्या से मुक्ति के लिये विशेष अभियान चलाये और इस अभियान में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया जाए पुलिस महानिरीक्षक ने नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं उधर शिवपुरी में नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली गयी जिसमें क्षेत्रीय सांसद के पी यादव और कोलारस के विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में युवाओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थम गया है गर्मी और उमस से लोग परेशान है

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसुन ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है

विश्व कप क्रिकेट लार्डस मैदान में आज विश्व कप किकेट का फायनल मैच मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है इस बार दुनिया को नया विश्वकप विजेता देखने को मिलेगा

किकेट विश्वकप की वजह से इनका प्रसारण दोपहर दो बजे हो रहा था

उनके खिलाफ यह कार्यवाही अनियमिताओं को लेकर की गयी है